्रीय महिला आयोग का दल थानागाजी दुष्कर्म मामले की जांच के लिये आज करेगा घटना स्थल का दौरा मामले में एक आरोपी और हुआ गिरफ्तार ्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज हो रहा है बालसभाओं का आयोजन ् जयपुर का देवीनगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय स्तर की गृणवत्ता वाला चिकित्सा संस्थान घोषित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक द्वष्कर्म मामले की जांच में पुलिस की उदासीनता को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है आयोग ने इस बात पर सवाल उठाया है कि दोषियों द्वारा इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किये जाने और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बावजूद चार दिन तक कार्रवाई नहीं की गयी आयोग ने कहा है कि यदि इस संबंध में आई मीडिया रिपोर्ट सही है तो यह पीडित महिला और उसके पति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है आयोग ने सरकार से पूछा है कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है और पीडितों को किस तरह की सहायता दी गयी है

इधर राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दल इस मामले की जांच के लिए आज घटना स्थल का दौरा करेगा महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कल दिल्ली में एक ट्वीट कर यह जानकारी दी उन्होंने कहा आयोग अपनी सदस्य राजुल बेन देसाई की अध्यक्षता में एक दल अलवर भेजेगा यह दल पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात करेगा इसके अलावा यह दल पुलिस अधिकारियों से भी मिलेगा इस दौरान पुलिस इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है

अपराधी की तलाश में उप अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों की टीम जुटी हुई है प्रदेष में इस घटना को लेकर सियासत तेज हो गयी है

समिति के सदस्य तथा राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने पुलिस के व्यवहार को निंदनीय बताया दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि ऐसे संवदेनषील मुददे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि आरोपी किसी भी स्थिति में बच नहीं पायेंगे और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी

भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारी आज नई दिल्ली में व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे इसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारतीय उत्पादों की चीन के बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है

भारतीय रिजर्व बैंक आर बी आई ने कहा है कि किसानों के ऋण माफ किए जाने और आमदनी समर्थन योजनाओं से राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने की आशंका है

प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में आज बालसभाओं का आयोजन किया जा रहा है राज्य स्तर पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जहां बालसभाओं में पहुंचकर सम्बल प्रदान करेंगे वहीं जिला स्तर पर भी विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी इनमें भाग लेंगे इस बार यह पहली बार हो रहा है कि न्यायिक सेवा के अधिकारी भी जिलों में बालसभाओं में पहुंचकर इन्हें मजबूती प्रदान करेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त प्रदीप कमार बोरड ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर बालसभाओं के आयोजन से विद्यार्थियों की सूजनात्मक क्षमता में बढोतरी होगी बालसभाओं में शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को परस्कत किया जाएगा

उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा होने के बावजूद कम्प्यूटर के नियमित और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होने पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश बी एल शर्मा की खण्डपीठ ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिये है जयपुर के देवीनगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले चिकित्सा संस्थान के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है

इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि यह राज्य का पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसे यह मान्यता मिली है प्रदेश में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है लू और तेज धूप ने लोगों को दोपहर में घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है